बजट चर्चा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में कल बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें कोरोना महामारी के कारण सहायता की तत्काल आवश्यकता है उन्होंने कहा कि इस बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही विकास के दीर्घावधि ढांचे को तैयार करने के उपाय शामिल हैं गरीबों की आवश्यकताओं का बजट में ध्यान न रखने के विपक्ष के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीमती सीतारामन ने सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया जो समाज के गरीब तबके के फायदे के लिए शुरू की गई हैं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल एक गलत धारणा फैला रहे हैं कि बजट के प्रावधानों से केवल गिने चुने व्यापारिक घरानों को फायदा होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सडकों को बनाने के अलावा ग्रामीण विद्युतिकरण जैसे अनेक उपायों के माध्यम से सरकार ने देश के किसानों और गरीबों को मदद पहुंचाई है

कल लोकसभा में श्री जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं को काम पर आने की अनुमति नहीं थी उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य द्वारा ठोस नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है श्री सोरेन कल प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण को बड़े विषय के रूप में देखना चाहिए श्री सोरेन कहा कि झारखंड के खनन प्रभावित क्षेत्रों में पलायन की अधिक समस्या है क्योंकि वहां की भूमि खेती योग्य नहीं रहती श्री सोरेन कहा कि आगामी बजट में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाएगा

सचिव दौरा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव दिलेश्वर महतो ने कल चतरा जिले में सिविल सर्जन कार्यालय और सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डो का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की श्री महतो ने स्वास्थ्य अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधक को अविलंब स्थिति में सुधार नहीं लाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी खुंटी स्पेशल स्टोरी खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने अड़की प्रखण्ड के सुदूरवर्ती बिरबांकी कोचांग घाघरा और कोरवा पंचायत का भ्रमण किया इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया

धनबाद से आसनसोल दुर्गापुर बर्धमान समेत पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों तक जानेवाले यात्री इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग और एसी चेयर कार में टिकट बुक करा सकते हैं

जिन लोगों का टीकाकरण पहले किया जा चुका है उन्हें आज दूसरे चरण का टीका लगाया जाएगा

वहीं संक्रमण से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है जबकि एक्यावन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है

इनमें चार सौ इकतालीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख सत्रह हजार सात सौ बीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार इक्यासी मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव सात दो प्रतिशत हैं प्रशासन रोक धनबाद जिले के उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने आज से इक्कीस फरवरी तक बाघमारा के रामराज मंदिर चिटाही में प्रस्तावित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है यहां हर दिन लगने वाले मेला आयोजन समिति के सदस्यों कलाकारों व्यवस्थापकों विशेषकर टेंट हाउस दुकान और स्टॉल को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेला में भागीदार नहीं होने का आदेश जारी किया गया है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रभाव उचित प्रबंधन एवं रोकथाम को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है आदेश की लापरवाही उदासीनता और अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एथलीट चैंपियनशिप आठवीं राष्ट्रीय ओपन और चौथी अंतरराष्ट्रीय रेस वॉक आज से रांची के मोरहाबादी में शुरू हो गई

पहले दिन चार इवेंट होंगे

प्रतियोगिता में आठ ओलंपियन भाग ले रहे हैं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन से इस प्रतियोगिता को ओलंपिक और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है दो दिवसीय रेस वॉक में पहली बार मॉस वाक को भी शामिल किया है कल सुबह साढ़े पांच बजे आम नागरिकों के लिए वॉक शुरू होगी यह इवेंट प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होगा

राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने देश में आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने की शुरूआत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है परिवार पेंशन की ऊपरी सीमा में ढाई गुना बढ़ोतरी पचहत्तर हजार से सवा लाख रुपये हुई इस खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है

रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है प्रधानमंत्री जनरल नरवणे को कल सौंपेंगे पहला अर्जुन मार्क वन ए टैंक राज्य के बजट में पलायन रोकने पर होगा जोर इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर आयोजित वेबिनार में मुख्यमंत्री के संबोधन की खबर को पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है